प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बेहतर प्रदर्शन के लिए हिमाचल को मिले चार पुरस्कार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा राष्ट्र विकास व मानवता के कल्याण में आईआईटी मंडी का अहम योगदान और विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कोरोना प्रोटोकोल का कड़ाई से होगा पालन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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कई ट्वीट करते हुए कहा कि दो साल पहले आज के दिन देशवासियों के लिए अन्न उपजाने और दिनरात कड़ी मेहनत करने वाले अपने कर्मठ अन्नदाताओं के जीवन को गरिमा प्रदान करने और उनकी संपन्नता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान योजना शुरू की गई थी उन्होंने कहा कि हमारे अन्नदाताओं की दृढ़ता और उनका जुनून हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है

किसान सम्मान निधि भारत सरकार के कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी वर्षगांठ के अवसर हिमाचल प्रदेश को इस योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणीयों में चार पुरस्कारों से सम्मानित किया है इन पुरस्कारों में एक राज्य स्तरीय और तीन जिला स्तरीय पुरस्कार शामिल है नई दिल्ली में आज आयोजित एक समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को ये पुरस्कार प्रदान किए हिमाचल ने उत्तर पूर्वी राज्यों और पहाड़ी भू भाग वाले क्षेत्रों की श्रेणी में भौतिक सत्यापन और शिकायत निवारण में बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त किया है

जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि इस उपलब्धि का श्रेय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जाता है सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के सुनियोजित विकास के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरों को आध्निक मानकों के अनुरूप विकसित करने और उनकी जनसंख्या के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने राज्य में तीन नये नगर निगम बनाये हैं सुरेश भारद्वाज आज शिमला में नगर निगम सोलन में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि सोलन प्रदेश का सबसे तेज गति से विकसित होता शहर है और प्रदेश सरकार यहां सुनियोजित विकास सुनिश्चित कर रही है

राकेश पठानिया वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा और नेतृत्व विहिन पार्टी है पठानिया आज पालमपुर में कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के पार्टी के दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के मौके पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा संगठन व सरकार बेहतर तालमेल से काम कर रही है

उन्होंने दावा किया कि जयराम ठाकुर सरकार की कल्याणकारी नीतियों और विकास के दम पर भाजपा चार नगर निगमों मे होने वाले चुनावों में भी जीत का परचम लहरायेगी पठानिया ने नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाने के सरकार के फैसले का भी स्वागत किया राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप सिंह राठौर ने राज्य के लोगों को राहत देने के लिए पैट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की प्रदेश सरकार से मांग की है राठौर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में नगर निगम के चुनाव पार्टी व चिन्ह पर करवाने के फैसले का स्वागत किया उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में सरकार ने धन बल का प्रयोग कर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्तियां की लेकिन पार्टी चिन्ह पर चुनाव होने से इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगेगी

गोविन्द ठाकुर भाषा संस्कृति मंत्री गोविन्द ठाकुर ने कहा है कि कला भाषा अकादमी साहित्य पुरस्कार शिखर सम्मान और कला सम्मान के साथ अब हर वर्ष युवा कलाकार सम्मान भी प्रदान करेगी गोविन्द ठाकुर ने शिमला में कहा कि युवाओं के लिए अभी तक अकादमी की ओर से इस तरह का कोई सम्मान नही है इसी के दृष्टिगत अकादमी ने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये सम्मान देने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राष्ट्र विकास और मानवता कल्याण में आईआईटी मंडी का अहम योगदान है मुख्यमंत्री आज आईआईटी कमांद के बारहवें स्थापना दिवस के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि आईआईटी मंडी प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित संस्था है जो प्रदेश और इस क्षेत्र के लोगों के लिए गौरव का विषय है उन्होंने कहा कि पिछले बाहर वर्षो में संस्थान में अभूतपूर्व प्रगति की है मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई की राष्ट्र निर्माण में आईआईटी मंडी का योगदान आगे भी जारी रहेगा उन्होंने कहा कि इस संस्थान के पास एक सौ करोड़ रूपये से अधिक की शोध परियोजनाएं हैं जो किसी भी संस्थान के लिए एक शानदार उपलब्धि है

उन्होंने बेहतर कार्य के लिए संस्थान के विभिन्न संकाय कर्मचारियों व विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया जयराम इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ने आज मंडी के नेरचौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री मैडिकल कॉलेज में सीटीस्कैन और सिलिंग माउंटिड एक्स रे मशीन का लोकार्पण किया इस अवसर पर विद्याार्थियों और कर्मचारियो को संबोधित करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिटी स्कैन मशीन पूरे क्षेत्र में सबसे आध्निक है उन्होंने कहा कि ये मशीन मंडी कुल्लू लाहौल स्पिति बिलासपुर हमीरपुर और चंबा जिलों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि इस चिकित्सा महाविद्यालय में कोरोना महामारी के दौरार सराहनीय सेवाएं प्रदान की है

ये बात विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आज विधानसभा की प्रैस गेलरी कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए कही उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए थर्मल स्कैनिंग के बाद ही किसी भी व्यक्ति को परिसर में आने की अनुमति दी जाएगी परमार ने बजट सत्र की कार्यवाही देखने के लिए आने वाले अगंतुकों से भी अपील की है कि वह कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार विधानसभा न आए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलने के इच्छुक लोग प्रतीक्षा कक्ष में ही मुलाकात कर सकेंगे इस दौरान सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा

वेबीनार में केरल राज्य की कला और संस्कृति के पहलुओं पर जानकारी साझा की गई इस मौके पर पत्र सूचना कार्यलय के चंडीगढ़ के साहयक निदेशक हिमांशू पाठक ने कहा कि भारत एक अनूठा राष्ट्र है जिसे विविध भाषाओं संस्कृति और धार्मिक धागों से बुना गया है अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा देश में किसानों के जीवन के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बेहतर प्रदर्शन के लिए हिमाचल को मिले चार पुरस्कार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा राष्ट्र विकास व मानवता के कल्याण में आईआईटी मंडी का अहम योगदान और विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कोरोना प्रोटोकोल का कड़ाई से होगा पालन इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार